प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स में चढाई गई चादर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा भारत की खूबसूरती विभिन्न सम्प्रदायों के सह अस्तित्व मे है

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मामले से जुडे सभी पक्षकारों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है

शीर्ष अदालत ने इसके लिए आज की तारीख तय की थी शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि यदि इस मामले का बातचीत से हल करने की एक फीसदी भी गुंजाइश है तो उसके लिए प्रयास होना चाहिए

भारत को विश्वास है कि अमरीका अपने यहां निर्मित लड़ाकू विमान और मिसाइल के भारत के खिलाफ इस्तेमाल की गहराई से जांच कर रहा है अमरीका ने खरीद समझौते में इस बारे में कुछ प्रतिबंध लगाये थे

पाकिस्तान को इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा के लिए और आतंकवाद रोधी गतिविधियों के लिए ही करने की अनुमति है

अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री की तरफ से दरगाह में चादर पेश कर देश में अमन चेन और भाईचारे की दुआ मांगी इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया

महिला अधिकारियों को अब जज एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर की मौजूदा दो शाखाओं के अतिरिक्त सिग्नल्स इंजीनियर्स सेना उड्डयन सेना वायु रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स सेना सेवा कोर सेना आयुध कोर और खुफिया सेवा में स्थायी कमीशन मिलेगा

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने कहा है कि विश्व बैंक की एक परियोजना के तहत स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी से सर्वेक्षण कराया गया था

पुलिस ने बताया कि मृतकों में जोधपुर जिले के फलौदी के यात्री भी शामिल है

यह परीक्षाएं दो अप्रैल तक चलेगी

उधर प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि इन परीक्षाओं को लेकर प्रश्नपत्रों का वितरण कड़ी सुरक्षा में किया गया

इसके लिये अभिभावक राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाईट पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है

इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हसेन ने जिले का नया श्रभकर जारी किया है हमारे हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया कि इस शुभकर का नाम चिंकू रखा गया है जो लोगों से वोट डालने की अपील करता हुआ नजर आ रहा है

इसके स्थान पर दिव्यांग शब्द का ही उपयोग होगा

जिला कलक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित और जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने कल महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर में महिलाओं और छात्राओं से होने वाली छेडछाड चेन स्नेथिंग आदि की घटनाओं को रोकने के लिये यह महिला पुलिस दल कारगर साबित होगा

अनशन पर बैठने वाले अनशन कारियों ने रामदेवरा को सरकार द्वारा शराब मुक्त नहीं करने की घोषणा को लेकर आमरण अनशन करने का फैसला किया है